केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केन्द्र सरकार सैनिकों किसानों श्रमिकों व व्यापारियों सहित सभी वर्गो के कल्याण के लिए काम कर रही है दिल्ली से बरास्ता अम्बाला कटरा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का आज सफल ट्रायल हआ सिरसा प्रशासन ने घग्गर नदी में आई दरारों को पाट दिया है स्थिति पर नज़र रखी जा रही है

भारत पहली बार किसी मिशन को किसी ग्रह की स्तह पर सहजता ही उतारेगा इस मिशन का उद्देश्य चन्द्रमा की मिट्टी में रसायनिक और खनिज तत्वों को अध्ययन करना चांद के दक्षिणी ध्र्व के नजदींक पानी और बर्फ की खोज करना इसके वातावरण का अध्ययन करना चन्द्रमा के घटी भूंकप जैसी घटनाओं का अध्ययन करना और ज्यादा स्पष्ट चित्र ले सकने में सक्षम कैमरों के प्रयोग से चन्द्रमा का खाके की चन्द्रमां की तस्वीरे लेना शामिल है

उन्होंने कहा कि यह मिशन चन्द्रमां के बारे नया ज्ञान उपलब्ध करायेगा

श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक भारतीय को इस सफलता पर गर्व है उन्होंने कहा कि यह विशेष क्षण है जो भारत के शानदार इतिहास के पन्नों मे लिखा जायेगा केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार किसान सैनिक श्रमिकों और व्यापारियों सहित समाज के सभी वर्गो के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ रही

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की विश्व मंच पर मौजूदगी से भारत का विश्व राजनीति पर प्रभाव में अंतर आया है भारत को पांच ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बलाने के लक्ष्य बारे बोलते हये श्री जावड़ेकर ने कहा कि विभिन्न विकास कार्यक्रमों में गति महारत और मापदंड को प्राथमिकता दी जा रही है

वाणिज्य मंत्रालय के अन्सार प्रत्यक्ष पूंजी निवेश मे उन्यासी प्रतिशत की वृद्वि हुई है मंत्रालय के सूत्रों ने बतायाकि सरकार एक योग्य और निवेशक मित्र प्रत्यक्ष पूंजी निवेश नीति लागू करना चाहती है

सिरसा प्रशासन ने घग्गर नदी में आये ऊान को देखते हये सम्बधित विभागों को अलर्ट पर रखा है नहरी विभाग को घग्गर के तटबंधों पर नज़र रखने की हिदायत दी गई है सिरसा से हमारे संवाददाता के अन्सार गत रात्रि घग्गर नदी में परवाई कलां सहारनी व ओटू गांव के समीप तीन जगह आई दरार को नहरी विभाग दवारा जेसीबी व टैक्टर ट्राली से मिट्टी के बैग डाल कर पाट दिया गया जिससे समय रहते धग्गर के अंदरूनी तटबंधों को ट्टने से बचा लिया गया

जेसीबी मशीने काम पर लगी है और नदी में पानी का स्तर भी कम हो रहा है वहीं जिलाधीश अशोक क्मार गर्ग ने धग्गर के साथ लगते गांवों मे ठीकरा पहरा लगाने के आदेश भी दिये है ताकि पहरे पर लगाये गये नौजवान स्थिति पर नज़र रख सके

जनहित याचिका में आम लोगों की पैरवी कर रहे वकील संदीप ने बताया कि न्यायधीश आर के जैन की दो न्यायधीशों की पीठ ने मामले की स्नवाई की उन्होंने बताया कि इस मामले में टेंडर भरने वालों के खिलाफ पंचकूला करनाल रोहतक में कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया सरकार ने लोक निर्माण विभाग के कंप्यूटर अप्रेटर पवन क्मार और ड्राईसिंग डिपार्टमेंट की कार्यकारी अभियंता विजय त्रिखा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिये है

भारतीय क्रिकेट टीम में करनाल जिले के तराबड़ी निवासी नवदीप सैनी को शामिल किया गया है

करनाल से हमारे संवाददाता ने बताया कि नवदीप के चयन पर उनके घर व इलाके में ख्शी का माहौल है

क्रिकेट में नवदीप को रणजी मैच से पहचान मिली उसकी उमदा दर्जे की बोलिंग को देखते हये वह आईपीएल टीम मे भी चूना गया इंग्लैंड दौरे पर विश्व कप मुकाबले के दौरान उसे गेदबाज़ी की नेट प्रैकटिस के लिये भी ब्लाया गया था हरियाणा में मानव अधिकार उल्लंघन से सम्बधित शिकायतों को सांझा सेवा केन्द्रों के माध्यम से ऑन लाइन दर्ज की सुविधा दी गई है सरकारी प्रवक्ता के अन्सार सांझा सेवा केन्द्रों को ग्रामीण व शहरी के केयोस्क पर तीस रूपये के भ्गतान पर यह सविधा ली जा सकती है